वे अबुधाबी के शहज़ादे मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से भी बातचीत करेंगे और विदेश में नकदी रहित लेन देन प्रणाली को बढ़ाने के लिए रुपे कार्ड को औपचारिक रूप से आरंभ करेंगे श्री मोदी इसके बाद बहरीन जाएंगे जहां वे शाह शेख हमद बिन इसा अल खलीफा से बातचीत करेंगे वे खाड़ी क्षेत्र में सबसे पुराने श्रीनाथ जी मंदिर का पुनरुद्वार औपचारिक रूप से आरंभ किए जाने के साक्षी बनेंगे इससे पहले कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चैंटिली शहर में मुलाकात की चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय वित्तमंत्री पी चिदम्बरम अभी हिरासत में रहेंगे क्योकि उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है

हालांकि श्री चिदम्बरम को धनशोधन मामले में आज उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया मामले में श्री चिदम्बरम के खिलाफ मामला दर्ज किया है तोमर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर लगाये जा रहे आरोपों को केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने निराधार बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कानून प्रमुख है लिहाजा कांग्रेस और चिदम्बरम को सच का सामना करना चाहिये मोहंती शिक्षक मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती ने शालाओं में शिक्षकों की उपस्थिति का विशेष ध्यान रखने को कहा है उन्होंने शालाओं से अनुपरिथित रहने या अपने दायित्व के प्रति लापरवाह शिक्षकों पर कठोर कार्यवाही और शालाओं में चल रहे विशेष कॉपी चेकिंग अभियान का पालन करने के निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक शाला में पाँच से दस प्रतिशत विद्यार्थियों की कॉपियाँ प्रधानाध्यापक द्वारा चेक करने की व्यवस्था को शत प्रतिशत लागू किया जाए निर्देशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करें जमानत खारिज राजधानी की एक विशेष अदालत ने धोखाधड़ी मामले में आरोपित अशोकनगर से भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक की अग्रिम जमानत अर्जी को कल खारिज कर दिया विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने आरोपित पूर्व विधायक नीलम सिंह यादव के अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया आरोपित विधायक के खिलाफ जिला पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था जन्माष्टमी कष्ण जन्माष्टमी पर्व की आज प्रदेश भर में धम है

इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शभकामनायें दी है मुख्यमंत्री ने अपने शभकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण सत्य न्याय और धर्म के रक्षक हैं उनकी दिव्य वाणी और अदभुत लीलाओं से प्रेरणा लेकर सत्य न्याय और धर्म का साथ देने का संकल्प लें इंदौर के होल्कर कालीन प्राचीन गोपाल मंदिर बांके बिहारी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष अभिषेक किये गये हैं और पूजा पाठ का दौर जारी है आगर मालवा जिले में यादव और गवली समाज द्वारा भगवान श्रीकृष्ण की पालकी यात्रा निकाली जा रही है शाजापुर में मटकीफोड़ और कृष्णस्वरूप प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है

वेलनेस सेण्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयुष अस्पतालों समेत किसी भी सरकारी अस्पताल से ओपीडी परामर्श या उपचार के लिए किसी प्रकार की अनुमति आवश्यक नहीं है और मरीजों को दवाइयां केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के वेलनेस सेंटर से दी जाएंगी इस बारे में चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गये हैं

राज्यसभा के सभापति एम वैंकैया नायडू ने उन्हें शपथ दिलाई

इस प्रतियोगिता में छतरपुर दमोह टीकमगढ़ सागर निवाड़ी और पन्ना जिले के चौदह वर्ष आयु तक के खिलाडियो ने भाग लिया

इसमें हाइड्रोजन पराक्साइड और डिटर्जेण्ट भी शामिल है

मौसम विभाग ने खण्डवा हरदा बैतूल सहित दर्जन भर जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है